केन्द्र सरकार नक्सल प्रभावित जिलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उददेश्य से बिहार समेत दस राज्यों के छियानवे जिलों में चार हजार से अधिक मोबाईल टावर लगायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि बिहार के आठ जिलों में चार सौ बारह स्थानों पर मोबाईल टावर स्थापित किये जायेंगे उन्होंने कहा कि इन मोबाईल टावरों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ ही इन क्षेत्रों के निवासियों को भी मोबाइल सेवाओं का लाभ मिल सकेगा और इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि भी बढ़ेगी केन्द्रीय विधि और ं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डीजल और पेट्रोल की बढती कीमतों को लेकर सरकार चिंतित है उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों से सरकार का नियंत्रण मोदी सरकार ने ही हटाया था और इसके बाद से तेल कंपनियां ही इसका निर्धारण कर रही हैं इसके बाद से पेट्रोल की कीमतें कई बार काफी कम भी हुई हैं श्री प्रसाद ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के मद्देनजर सरकार इस समस्या के दीर्घावधि समाधान पर विचार विमर्श कर रही है और इससे संबंधित निर्णय की प्रक्रिया चल रही है भागलपुर जिले में कहलगांव स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के बिजली संयंत्र के निकट जमुनियां गांव में आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ और ग्रामीणों के बीच हुए पथराव तथा फायरिंग में छह जवान समेत नौ लोग घायल हो गए अपर प्रलिस अधीक्षक दिलनवाज अहमद ने बताया कि एनटीपीसी विद्युत संयंत्र मे कार्यरत एक संविदा मजदूर की कल रात सांप काटने से हुई मौत की घटना के विरोध में ग्रामीण शव के साथ संयंत्र के गेट पर सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने बताया कि इस दौरान काम पर जाने वाले मजदूरों को रोकने के सवाल पर सीआईएसएफ जवानों और ग्रामीणों के बीच बकझक शुरू हो गई बाद में ग्रामीणों की ओर से पथराव होने पर जवानों ने पहले आंसू गैस छोड़े लेकिन पथराव बंद नहीं होने पर जवानों को फायरिंग करनी पडी जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया उन्होंने बताया कि पथराव में घायल छह जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है अठाईस मई को होने वाले मतदान के लिए जदयू राजद और जन अधिकार पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसम्पर्क अभियान चला रहे हैं जदयू प्रत्याशी मूर्शीद आलम के लिए कई मंत्री और पूर्व मंत्री जोकीहाट में लगातार कैम्प कर रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जोकीहाट में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे इधर राजद के उम्मीदवार शाहनवाज आलम के पक्ष में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पच्चीस और छब्बीस मई को प्रचार अभियान में शामिल होंगे जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और सांसद पप्पू यादव भी पार्टी प्रत्याशी गौसुल आजम के पक्ष में लगातार जनसम्पर्क अभियान चला रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कोसी क्षेत्र के जिलों के लिये बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई से संबंधित एक हजार छह सौ पचहत्तर करोड़ रूपये की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया श्री कुमार ने सुपौल जिले के भपटियाही में आयोजित समारोह में जिले की लगभग आठ सौ अस्सी करोड़ रूपये की विभिन्न योजनाओं की आधारशिला रखी बाद में समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद कोसी क्षेत्र में रहने वालों लोगों को फायदा पहुंचेगा श्री कुमार ने कहा कि सुपौल मधेपुरा सहरसा मधुबनी और दरभंगा क्षेत्र के कोसी बेसिन इलाके में बाढ़ प्रबंधन और सुरक्षात्मक कार्यों को पूरा किया जायेगा इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी कोसी तटबंध का ऊंचीकरण मजबूतीकरण और पक्कीकरण किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी कोसी मुख्य नहर के वितरणी नहर के माध्यम से सिंचाई की सुविधा किसानों को उपलब्ध होगी पथ निर्माण मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चार साल का कार्यकाल बिहार के लिए स्वर्णिम युग की तरह है श्री यादव ने आज पटना में कहा कि केन्द्र में राजग सरकार के चार साल के कार्यकाल में बिहार में सबका साथ सबका विकास के तहत विकास कायों को काफी तेज किया गया है उन्होंने कहा कि अपने साधनों से राज्य सरकार सड़कों के जीर्णोद्वार और नेटवर्क विस्तार के कार्यों को अंजाम देने में लगी है श्री यादव ने कहा कि वर्ष दो हजार सत्रह अठारह में जहां केन्द्र की ओर से देश में नौ हजार आठ सौ किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ वहीं ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तीन गुणा वृद्धि करके एक लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें बनायी गई हैं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि आवामी कोऑपरेटिव बैंक में नोटबंदी के बाद दस लाख रुपये जमा कराने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ से यह साफ हो गया है कि आखिर राबड़ी तेजस्वी नोटबंदी का क्यों विरोध कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बाद इस बैंक में मजदूरों और कर्मियों के नाम पर इकतालीस फर्जी खाते खोल कर सत्तर लाख से अधिक रूपये के प्राने नोट जमा कराये गए जांच के बाद सीबीआई ने बैंक के चैयरमैन अनवर अहमद के बेटे और एक अन्य व्यक्ति को कालेधन को सफेद करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया था अररिया से राजद सांसद मोहम्मद सरफराज आलम की धमकी के बाद सदर अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर जेएन माथुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है डॉक्टर माथुर ने कहा है कि सांसद ने उन्हें फोन पर डाक्टरों की ड्यूटी लगाने पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए अपमानित किया था केन्द्र की एनडीए सरकार के चार साल पूरे होने पर भाजपा की ओर से प्रदेश भर में दो चरणों में महासम्पर्क अभियान चलाया जायेगा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने बताया कि छब्बीस मई से ग्यारह जून और तेईस जून से छह जुलाई तक चलने वाले इस महाअभियान में पार्टी कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे श्री राय ने बताया कि इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को मोदी सरकार की चार साल की उपलब्धियों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्टी के सभी प्रकोष्ठों को अपने अपने स्तर से जनसम्पर्क अभियान चलाने को कहा गया है कटिहार के पूलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में मनसाही थाने में पदस्थापित एक सहायक अवर निरीक्षक सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है उत्पाद विभाग की विशेष अदालत ने पटना जिले के दीदारगंज निवासी एक युवक को दोषी करार देते हुये बारह वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है पूर्ण शराबबंदी के कानून के तहत सजा सुनाने का यह दूसरा मामला है इससे पूर्व अठारह मई को इस कानून के तहत पहली सजा सुनाई गई थी प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे समकालीन अभियान में पूलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने विभिन्न जिलों में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ नौ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है दरभंगा जिले के मनिगाछी थाना क्षेत्र के चकबसावन उत्क्रमित मध्यविद्यालय के परिसर से पूलिस ने ग्रप्त सूचना के आधार पर पांच हजार बोतल से अधिक शराब बरामद कर स्कूल के हेडमास्टर सहित पाँच लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं जिले के बहादुरपुर प्रखंड के विरनपट्टी से भी भारी मात्रा में शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है इधर गोपालगंज छपरा और शिवहर जिले में भी शराबबंदी नियमों के उल्लंघन के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है कटिहार रेल मंडल के तहत अगरतला से बेंगलुरु कैंट तक चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस को आज किशनगंज के सांसद मौलाना असरारुल हक ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलेगी कटिहार रेल मंडल के डीसीएम अमर मोहन ठाकुर ने बताया कि यह ट्रेन वाया गुवाहाटी न्यूजलपाईगुड़ी किशनगंज मालदह हावड़ा और विशाखापटनम होते हुए बंगलोर कैंट तक जाएगी पूर्णिया जिले के केहाट थाना क्षेत्र में एसबीआई की शाखा से पैसे निकालकर घर जा रहे एक व्यक्ति से अपराधियों ने दो लाख पंद्रह हजार रुपये लूट लिये सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र के इनई गांव से पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है